देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर इकतीस हई

हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया

प्रदेश की पांच राज्यसभा सीटों सहित सत्रह राज्यों की पचपन सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है नामांकन की अंतिम तिथि तेरह मार्च है नामांकन पत्रों की जांच सोलह मार्च को होगी जबकि प्रत्याशी अपना नाम अठारह मार्च तक वापस ले सकेंगे आवश्यकता पडने पर मतदान छब्बीस मार्च को होगा और मतदान संपन्न होने के एक घंटे बाद मतगणना होगी बिहार के जिन पांच सदस्यों का कार्यकाल आगामी नौ अप्रैल को समाप्त हो रहा है उसमें राज्यसभा के उपसभापति और जदयू सांसद हरिवंश कहकशां परवीन और रामनाथ ठाक्र तथा भाजपा के सीपी ठाक्र और आरके सिन्हा शामिल हैं देश में अब तक इकतीस मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कुमार ने बताया कि आज एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसे अस्पताल में अलग रखा गया है और उसकी हालत स्थिर है

इनकी थाइलैंड और मलेशिया की ट्रैवल हिस्ट्री है

इस प्रकार से हमारे देश में अब तक थर्टीवन कन्फर्म केसेज मिले हैं और इनमें से सोलह इटली के सिटीजन्स हैं श्री कूमार ने बताया कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है इधर आज दिल्ली में कोरोना वायरस पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी राज्यों अस्पतालों रेलवे रक्षा और अर्द्ध सैनिक बलों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया बेगूसराय जिले में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज की पहचान हई है जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि संदिग्ध मरीज पन्द्रह दिन पूर्व चीन से लौटा है उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि गया एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की जांच को लेकर चार काउंटर बनाये गये हैं एयरपोर्ट पर ही दस बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है इधर बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं ने कोरोना वायरस के प्रभाव से मुक्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना की केन्द्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों में कर्मचारियों को इस महीने की इकतीस तारीख तक बायोमिट्रिक एटेंडेंस दर्ज करने से छूट दे दी है गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है इस दौरान कर्मचारियों से अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है केंद्रीय पश्पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पोल्ट्री उत्पाद मछली और मांस खाना पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि कोरोना वायरस का इन पर कोई असर नहीं पड़ता आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्टो से यह साबित हो गया है कि कोरोना वायरस का मूर्गी और उससे प्राप्त होने वाले उत्पादों मछली तथा मांस पर कोई असर नहीं पड़ता केन्द्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होने तक सामूहिक आयोजनों से बचने की सलाह दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसी किसी भी स्थिति में राज्य आयोजकों को पर्याप्त सतर्कता और ऐहतियाती उपाय बरतने को कहें बिहार बार काउंसिल के उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडेय की अपराधियों ने भागलपुर में गोली मारकर हत्या कर दी वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि अपराधियों ने तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाब बाग कॉलोनी स्थित उनके आवास में घूसकर घटना को अंजाम दिया घर में काम कर रही दाई की भी अपराधियों ने हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भागलपुर नवगछिया और कहलगांव स्थित न्यायालयों में काम का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया इधर इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है नालंदा में कल एक चिकित्सक की हुई हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार इकाई ने कल सुबह आठ बजे से बारह घंटे के हड़ताल पर जाने का फैसला किया है आईएमए के उपाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं ठप्प रहेंगी इधर इस घटना के विरोध में नालंदा जिले के सभी चिकित्सक हड़ताल पर हैं राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने चार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा नीतिगत फैसले लेने किसी प्रकार की नियुक्ति करने और कर्मियों का स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी है इन विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय पटना कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा शामिल है इस संबंध में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि जब तक नियोजित शिक्षकों की हड़ताल खत्म नहीं होती है तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी श्री वर्मा आज विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आंदोलन खत्म कर सरकार से वार्ता की पहल करनी चाहिए पूर्व मध्य रेलवे आठ मार्च को राज्य भर में होने वाली पूलिस भर्ती परीक्षा के मददेनजर सात और आठ मार्च को कई विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कल दानापूर मंडल अंतर्गत पटना से बक्सर दानापूर से राजगीर जबकि परसों बक्सर से पटना और राजगीर से दानापूर के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा वहीं सोनपुर मंडल अंतर्गत पाटलिपुत्र से सुगौली पाटलिपुत्र से मुजफ्फरपुर रामदयालु नगर के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन कल किया जायेगा आठ मार्च को अभ्यर्थियों के लिए समस्तीपुर से सोनपुर के बीच तीन विशेष ट्रेन चलायी जायेंगी और आज सुनिये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी श्रृंखला के तहत पश्चिम चंपारण जिले में हरनाटांड़ की थारु आदिवासी समूह की महिलाओं की उद्यमिता की कहानी थारू जनजाति की महिलाएं कौशल प्रशिक्षण के बाद अब पेशेवर बुनकर बन चुकी हैं एक प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति से मिले प्रशिक्षण ने इन महिलाओं के जीवन को बदल दिया इन्हीं में से एक महिला बूनकर शिवकूमारी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि सरकार उनके द्वारा बनाये गये चादर परदे और अन्य उत्पादों को खरीदती है

मुजफ्फरपुर में महादलित समुदाय के एक व्यक्ति ने बताया कि वे इस सस्ती औषधि केन्द्र के हमेशा एहसानमंद रहेंगे

इस दौरान कहीं कहीं वजपात की भी आशंका जतायी गयी है

देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर इकतीस हई

हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया